यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और द्रदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा दीपावली दीपों का त्यौहार दीपावली आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास व धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है

इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को शुमकामनाएं दी है अपने बधाई संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि आइए इस दिन हम प्रेम सहानुभूति और मेल जोल का दीपक प्रज्जवलित करते हुए सभी के खासकर जरूरत मंदों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें प्रधानमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि रोशनी का ये उत्सव हम सभी के जीवन में नया प्रकाश लेकर आऐ इस बीच राज्यपाल बडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रदेश वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ये पर्व बुराई पर अच्छाई व अंधकार पर उजाले की विजय का प्रतीक है उन्होंने उम्मीद जताई के ये पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि दीपावली का पर्व आपसी स्नेह भाईचारे की भावना को और मजबूत करेगा

जिसमें जिला प्रशासन रैडक्रास नेहरू युवा केंद्र नगर परिषद कुल्लू व प्रैस क्लब कुल्लू ने प्रदूर्षण रहित क्लीन व ग्रीन दिवाली मनाने का संदेश लोगों को दिया इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया एचआरटीसी सुविधा दीपावली को देखते हुए पथ परिवहन निगम आज शाम चार बजे के बाद अपने सभी रूटों पर बस सेवा नहीं चलाएंगा मंडलीय प्रबंधक शिमला रघुवीर सिंह ठाकुर ने आकाशवाणी को बताया कि इसके अलावा राज्य के लंबे रूटों सहित बाहरी राज्यों के लिए चलाई गई विशेष बसों का स्टाफ भी यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के बाद दिवाली मनाने चला जाएगा दूसरी ओर दीपावली के दौरान कई बार आग लगने की घटनों से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग पूरी तरह मुस्तैद है विभाग के कर्मचारी सुरक्षा की दृष्टि से बाजारों में दुकानदारों को जरूरी ऐहतियात बर्तने की सलाह भी दे रहे है प्रतियोगिता युवा सेवाएं व खेल कार्यालय बिलासपुर द्वारा ज़िलास्तरीय दौड़ प्रतियोगिता बिलासपुर के लुहणू मैदान में पहली नवम्बर को आयोजित की जाएगी

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने एचआरटीसी के कर्मियों को दिए गए डीए को अपनी प्रमुख ख़बर बनाया है अमर उजाला की सुर्खी है एचआरटीसी कर्मियों को दिवाली के तोहफे नया पुराना डीए जारी

दैनिक जागरण का कहना है सभी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता चार फिसदी बढ़ा एनपीएस कर्मियों को नकद होगा बकाया का भुगतान इन्वेस्टर मीट पर दैनिक भास्कर मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्वर पर निवेश की संभावना तलाशेंगे दैनिक जागरण के शब्द हैं इन्वेस्टर मीट के बाद बढ़ेगा निवेश दैनिक सवेरा टाईम्स की सुर्खी है मोदी शाह की मौजूदगी में प्रशस्त होगी निवेश की राह इसी ख़बर पर आपका फैसला ने अनुराग ठाकुर के बयान को प्रमुखता दी है सीएम इन्वेस्टर मीट के लिए कर रहें हैं कड़ी मेहनत आपका फैसला ने केन्द्रीय वित राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान को प्रमुखता दी है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को बनाएंगे खेलों का हब

अमर उजाला की एक ख़बर है शीतकालीन स्कूलों में पांचवी और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं पांच दिसम्बर से